नई राहें नई मंजिलें योजना के तहत जंजैहली चांशल और बीड़ बीलिंग को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करेगी राज्य सरकार

खराब मौसम को देखते हुए प्रदेश के छः जिलों में कल भी बंद रहेंगे सभी शिक्षण संस्थान मंत्रिमंडल बैठक राज्य मंत्रिमंडल ने प्रदेश के पांच जिलों चम्बा कुल्लू मंडी शिमला और सिरमौर में विज्ञान ग्राम योजना शुरू करने की स्वीकृति प्रदान की है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आज शिमला में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ये निर्णय लिया गया इस योजना का उद्देश्य कृषि उपज में सुधार कृषि गतिविधियों से आय उत्पादन के अलावा मौजूदा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण व कृशल प्रबंधन को बेहतर बनाना है बैठक में जल से कृषि को बल योजना शुरू करने और वर्षा जल के पुनर्चक्रण को चलाने के लिए भी मंजूरी दे दी है इसके अलावा विभिन्न विमागों में अलग अलग श्रेणियों के पद भरने पर भी मंत्रिमंडल ने मुहर लगाई इस दौरान प्रदेश में भारी बारिश से हुए नुक्सान पुनर्वास और बचाव कार्य की समीक्षा की गई

इसके अलावा चम्बा जिले के राख में तीन परिवारों को लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में स्थानांतरित कर दिया गया है मुख्यमंत्री राज्य सरकार ने नई राहें नई मंजिलें योजना के तहत मंडी जिले के जंजहैली शिमला जिले के चांशल कांगड़ा जिले के बीड़ बीलिंग को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने का निर्णय लिया है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में वरिष्ठ अधिकारियों को साथ एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये जानकारी दी

बैठक में मुख्य सचिव विनित चौधरी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे सुरेश भारद्वाज शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने अध्यापकों से छात्रों को संस्कारयुक्त और नैतिक शिक्षा देने का आहवान किया है ताकि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके आज शिमला में एक निजी स्कूल के वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने यह विचार व्यक्त किए शिक्षा मंत्री ने स्कूली बच्चों को गुणात्मक और बुनियादी शिक्षा देने पर विशेष बल दिया ताकि उच्च शिक्षा के लिए उनका मजबूत आधार बन सके सुरेश भारद्वाज ने विभिन्न गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया पद भार विधायक नरेन्द्र बरागटा ने आज शिमला में मुख्य सचेतक के रूप में अपना पद भार संमाला उन्होंने कहा कि वे पार्टी और सरकार के लिए निरन्तर कार्य करते रहेंगे बरागटा ने मुख्य सचेतक बनाये जाने पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह सहित मुख्यमंत्री जयराम ठाकर व प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सती का आभार जताया है सरवीण चौघरी शहरी आवास मंत्री सरवीण चौधरी ने भारी वर्षा से शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में हुए नुक्सान का जायजा लेने के लिए आज प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया उन्होंने संबंधित अधिकारियों को नुक्सान की रिपोर्ट जल्द देने को कहा ताकि प्रभावितों की सहायता की जा सके इस मौके लोगों ने भी अपनी समस्याएं उन्हें बताई रामस्वरूप सांसद रामस्वरूप शर्मा ने कहा है कि मंडी संसदीय क्षेत्र में मूसलाधार बारिश से हुए नुक्सान की रिपोर्ट वे केंद्र सरकार के समक्ष रखेंगे एक ब्यान में उन्होंने कहा है कि वे प्रदेश को हुए नुक्सान के लिए पूरी मदद देने संबंधी मांग पत्र भी केंद्र सरकार को सौंपेंगे ताकि प्रदेश को आपदा से उबारा जा सके रामस्वरूप शर्मा ने आपदा के समय दिखाई गई तत्परता के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया है अनुराग ठाकूर लोक सभा में मुख्य सचेतक और सांसद अनुराग ठाकुर ने प्रदेश में भारी बारिश से हुए जानमाल के नुक्सान की भरपाई के लिए केंद्र सरकार से राहत देने का आग्रह किया है उन्होंने कहा है कि प्रदेश में भारी बरसात के चलते कई स्थानों पर बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं और प्रदेश को काफी आर्थिक नुक्सान हुआ है हालांकि राज्य सरकार व्यापक स्तर पर राहत व बचाव कार्यो में जुटी है मगर नुक्सान की अधिकता को देखते हुए केंद्र से मदद का अनुरोघ है मौसम प्रदेश के जनजातीय इलाकों में पिछले तीन दिन से रुक रुक कर भारी हिमपात व अन्य जिलों में लगातार वर्षा से सामान्य जनजीवन अस्तव्यस्त है

कुल्लू शिमला और गग्गल हवाई अड्डों के लिए आज कोई उड़ानें नहीं हुई लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के मुताबिक बंद सड़कों को बहाल करने के लिए मशीनरी लगाई गई है जिला लाहौल स्पीति में भारी हिमपात से लगातार हिमस्खलन की सूचना है जिसे देखते हुए जिला प्रशासन ने जिले में अलर्ट जारी करते हुए लोगों को घरों से बाहर न निकलने की सलाह दी है केलंग से हमारे प्रतिनिधि ने बताया कि हिमपात से लाहौल घाटी में संचार व बिजली बाधित है और मनाली लेह मार्ग में दारचा से जिंगजिंग बार के बीच करीब तीन सौ लोगों के फंसे होने की सूचना है जिले में सेब व आलू की फसल को भारी नुक्सान हुआ है घाटी के सभी सड़क मार्ग बंद होने से राहत कार्य शुरू करने में परेशानी हो रही है किन्नौर जिला की ऊंची चोटियों पर रुक रुक कर हिमपात और निचले इलाकों में वर्षा हो रही है इससे सेब सहित अन्य फसलों को नुक्सान हुआ है

कुल्लु बारिश कुल्लू जिले में लगातार हो रही बारिश ने खूब तबाही मचाई है और भारी बारिश को देखते हुए हाई अलर्ट जारी किया गया है

पिछले तीन दिनो से जारी बारिश ने कुल्लू ज़िला मे काफी कहर बरपाया है तथा सभी नदी नाले उफान पर है

पहली बार सितम्बर माह मे रोहतांग मे इतने बर्फबारी हुई हालांकि बाढ़ के कारण जगह जगह फंसे लोगो को प्रशासन दवारा समय रहते सेना के चौपर से सुरक्षित निकाल लिया गया तथा नदी किनारे रहने वाले लोगो को भी सुरक्षित स्थानो पर भेज दिया गया है परंतु सड़को पुलो व अन्य सम्पत्ति को जो नुक्सान पहुंचा है उसकी भरपाई मे काफी वक्त लगेगा इस बीच वन मंत्री गोविंद ठाकुर ने आज सुबह बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया और अधिकारियों को आपदा की स्थिति से निपटने के लिए त्वरित कदम उठाने के निर्देश दिए उन्होंने झीड़ी में ब्यास नदी में बही लड़की के परिजनों से मुलाकात उन्हें हरसंभव सहायता का भरोसा दिलाया कुल्लू के हुरला गांव में ब्यास नदी में फंसे दो लोगों को आज सुबह हेलिकॉप्टर की मदद से निकाला गया चम्बा बारिश चम्बा जिले में भारी बारिश के चलते पठानकोट चम्बा भरमौर राष्ट्रीय उच्च मार्ग आज दूसरे दिन भी वाहनों की आवाजाही के लिए बंद रहा जबकि जिले के अंदरूनी भागों में मुख्य मार्गो सहित दर्जनों संपर्क मार्ग भूस्खलन के कारण अवरूद्ध हैं

मणिमहेश यात्रा पर गए एक श्रद्धालु की सुंदासी में ठंड के कारण मृत्यु का समाचार है जनजातीय सलाहकार समिति के सदस्य कल्याण ठाकुर ने बताया कि पांगी घाटी में पांच इंच ताजा हिमपात हुआ है जिससे सभी मार्ग अवरूद्व हो गए हैं और बिजली आपूर्ति सुबह से बाधित है इस बीच शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने होली में फंसे विद्यार्थियों और अध्यापकों को सुरक्षित निकालने के चम्बा के उपायुक्त को निर्देश जारी किए है कांगडा मंडी बारिश कांगड़ा जिले की धौलाधार पहाड़ियों में बादल फटने से न्यूगल खड़ड में आई बाढ़ से पालमपुर का सौरम वन विहार तबाह हो गया है इसके अलावा यहां तैनात कर्मचारियों को कड़ी मशक्कत के बाद बचा लिया गया है जबकि एक कार पानी में बह गई है उघर मंडी जिले में लगातार बारिश हो रही है जिससे व्यास नदी का जलस्तर बढ़ गया है बीबीएमबी पंडोह कार्यालय के अधिशाषी अभियंता के मुताबिक पंडोह डैम में जलस्तर और सिल्ट की मात्रा बढ़ गई है ऐसे में आज और कल सायं चार बजे तक बांध से पानी छोड़ा जा रहा है उन्होंने पंडोह से आगे ब्यास नदी के किनारे रहने वाले लोगों और सैलानियों को नदी किनारे न जाने का आग्रह किया है

उपायुक्त अमित कश्यप ने बताया कि ठियोग हाटकोटी मार्ग निहारी व पट्टीढांक के पास अवरूद्ध हो गया है समाचार एजेंसी हिन्दुस्थान समाचार के मुताबिक इस मार्ग पर सेब से लदे कई ट्रक फंसे हुए हैं सोलन मौसम सोलन में मूसलाधार बारिश से सात गौशालाएं और दो घरों को नुक्सान हुआ है सोलन से हमारे प्रतिनिधि के मुताबिक कसौली उपमंडल की कंडा पंचायत की पठियां गांव में एक कच्चा मकान जमींदोज हो गया है परवाणू में चक्की मोड़ के पास एक गाड़ी पर बड़ी चट्टान गिर गई मगर इसमें सवार तीन लोग सुरक्षित बच गए कांग्रे स विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री और कांग्रेस विधायक रामलाल ठाकुर ने हिमाचल में बारिश से हुए करोड़ों रुपए के नुक्सान के लिए केंद्र सरकार से राहत पैकेज की मांग की है ऊना से जारी एक प्रेस ब्यान में अग्निहोत्री ने कहा कि इसके लिए प्रदेश सरकार को अपना पक्ष मजबूती के साथ केंद्र के समक्ष रखना चाहिए ताकि हिमाचल को नुक्सान का पैकेज मिल सके उन्होंने कहा है कि कांग्रेस विधायक दल केंद्र से पैकेज लाने में प्रदेश सरकार की मदद करेगा अग्निहोत्री ने कहा कि यह एक प्राकृतिक आपदा है और प्रधानमंत्री को हिमाचल में नुक्सान की भरपाई के लिए एकमुश्त पैकेज देना चाहिए